प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को कहा

केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी निजी और सार्वजनिक उपक्रमों को कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री शपथ प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे

भाजपा सुत्रों का कहना कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हए फिलहाल केवल शिवराज सिंह अकेले ही शपथ लेंगे इसके पहले आज शाम हई भाजपा विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चना गया बैठक में भाजपा के केन्द्रीय पर्यवेक्षक अरुण सिंह और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुए

बाद में श्री सिंधिया और उनके समर्थक भाजपा में शामिल हो गए वहीं आज भाजपा नेता गोपाल भार्गव ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है

सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बहत से लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे निर्देशों का गंभीरता से पालन करें ताकि वे स्वयं और उनके परिजन सुरक्षित रहें वहीं प्रधानमंत्री ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह लोगों को घर पर ही बने रहने के लिए संदेश देने का अभियान चलाए उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को भी गंभीरता से लेंगे करोना श्रम कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी निजी और सार्वजनिक उपक्रमों को परामर्श जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन न काटें और उन्हें सवैतनिक अवकाश दें सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव को लिखे पत्र में श्रम और रोजगार विभाग के सचिव हीरालाल सामरिया ने कहा कि यदि कोई श्रमिक छट्टी लेता है तो उस अवधि का उसका वेतन न काटा जाए

विमान संचालन घरेलू वाणिज्यिक एयरलाइन्स का संचालन कल आधी रात से बंद हो जाएगा

मंत्रालय ने इस बात की भी पुष्टि की है कि देश में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है

हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं बहाल हैं

इसके चलते इन सभी शहरों में लगभग सभी दुकानें बंद है वहीं बस ट्रेन एवं अन्य परिवहन सेवाएं भी रदद की गई है लॉकडाउन में प्रशासन ने लोगों से अपने घरों से बाहर न निकलने के निर्देश दिये हैं

थाना प्रभारी अनिल सिंघई ने बताया है कि इन्हें अस्थाई जेल में रखा गया है

आज एक भी पाजिटिव मरीज नही मिला है इस बीच प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया पर चल रही उन भ्रामक खबरों का खण्डन किया गया है जिनमें जबलपुर के एक पीड़ित की मृत्यू का दावा किया जा रहा था भोपाल संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने भोपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित मिली युवती के बारे में जानकारी दी

जिला कलेक्टर ने लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की अपील की मण्डला कलेक्टर जगदीश चन्द्र जटिया ने आकाशवाणी से बातचीत में जिले में कोरोना वायरस से निपटने से की गई तैयारियों के बारे में जानकारी दी

वहीं गुना जिले में हर मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई स्थगित रहेगी निवाड़ी में मास्क और हैण्ड सेनीटाइजर मंहगे दामों पर बेचे जाने की शिकायतों के बाद आज मेडीकल स्टोर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया वहीं विदिशा और रतलाम में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया

कटनी जिले में भी लाकडाउन का आज दूसरा दिन है धार जिले में कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए जागरुकता के व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं

अशोकनगर में अफवाह फैलाने पर एफआईआर के निर्देश दिये गये हैं छतरपुर जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है वहीं देवास जिले में लाकडाउन के तहत परिवहन सेवायें प्रतिबंधित की गई हैं

नीमच के चार होटलों और एक धर्मशाला को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए अधिकृत किया गया है बैतूल जिले के मुलताई में सार्वजनिक स्थलों को आज सेनेटराइज किया गया

सीएस रेड्डी मुख्य सचिव एमगोपाल रेड्डी ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों की तथ्यपरक जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराई जाये

इस दौरान किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी